हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को कोरोना काल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अपने घरों में रहकर परिवार के साथ योग अभ्यास करने का आहवान किया है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसर पैदा करने के लिए कल गरीब कल्याण रोज़गार अभियान की श्रूआत करेंगे प्रधानमंत्री बिहार के खगडिया जिले के तेलिहार गांव से बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की उपस्थिति में एक वीडियो कांफ्रेस के माध्यम से इस अभियान की शुरूआत करेंगे इसका उद्देश्य घर वापस लौटे प्रवासी श्रमिकों और ग्रामीणों के लिए अवसर पैदा करना है

एक प्रश्न उतर में प्रोभार्गव ने कहा कि हालांकि देश मे इस संक्रमण की स्थिति चिंताजनक है लेकिन दूसरे देशों के मुकाबले भारत में मृत्यू दर काफी कम है जोकि एक संतोषजनत संकेत है

मुख्यमंत्री आज श्री कृष्णा आय्ष विश्वविदयालय कुरुक्षेत्र तथा हरियाणा योग परिषद के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित योगा फॉर वलर्ड हेल्थ विषय पर अंतरराष्ट्रीय योग वेबीनार में संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि इस साल हम योग का अभ्यास करें और द्वनिया को एकता का संदेश दें और विश्व शांति के लक्ष्य को प्राप्त करें

एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि आज रेलगाड़ी से रवाना किये गये लोगों में प्रवासी श्रमिक चंडीगढ़ में फंसे सेलानी और तीर्थ यात्री शामिल है

यह गाड़ी सहारनप्र मुरादाबाद बरेली हरदोई लखनऊ रायबरेली अमेठी प्रतापगढ़ वाराणसी मुगलसराय बक्सर और आरा स्टेशनों पर रूकेगी

सिरसा से भी दो नये पोजिटिव मरीज़ मिले है वे दिल्ली और ग्रूग्याम होकर आये थे

इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम घर पर रहकर परिवार के साथ योग रखा गया है

केन्द्रीय आय्ष मंत्रालय के निर्देशान्सार प्रधानमंत्री के सम्बोधन के बाद योग अभ्यास को राजकीय योग शिक्षा एवं स्वास्थ्य महाविद्यालय के फेसबुक पेज़ और यू टयूब पर लाइव दिखाया जायेगा

हमारे संवाददाता ने बताया है कि आरोपी दिल्ली प्लिस का पूर्व कर्मचारी है जिसकी हरियाणा केरल महाराष्ट्र हैदराबाद कोलकाता गुजरात उदयपुर और ओडिशा पूलिस को कई मामलों में तलाश थी

आरोपी की पहचान शिकारप्र गांव निवासी अस्लप के रूप में हई है प्रारंभिक पूछताछ के दौरान आरोपी ने विभिन्न राज्यों में इन वारदातों को अंजाम देना कबूल किया है